केन्द्रीय रक्षा मंत्रीराजनाथ सिंह ने आयात पर निर्भरता कम करने और सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमता में सुधार के लिए रक्षा उपकरणों के स्वदेशीकरण की जरूरत पर जोर दिया है उन्होंने रक्षा उत्पादन को बढ़ानेके लिए तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल रखने पर भी जोर दिया श्री राजनाथ आज नई दिल्ली में स्वदेशीकरण की योजनाओं के विषय पर एक संगोष्ठी में बोल रहे थे रक्षा मंत्री ने भारत में रक्षा उत्पादन में निवेश करने के लिए विदेशी कंपनियों को आंमत्रित किया

रक्षा मंत्री ने भारतीय वाय् सेना की तकनीकी रूप से उन्नत और शक्तिशाली बल के रूप में उभरने की सराहना की है उन्होंने कहा कि भारत के पड़ोस में आंतकवादी संगठनों के खिलाफ हाल ही में किया गया हमला सशस्त्र बलों की पहुंच और धातकता को सावित करता है सेमीनार में अपने सम्बोधन में एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ ने कहा कि उच्चतर स्तर के पुराने उपकरणों को स्वदेशी रूप से विकिसत किया जा रहा है उन्होंने कहा कि वायु सेना की परिचालन क्षमता के लिए अत्याध्निक उपकरणों को शामिल करने की आवश्यक्ता है उन्होंने भारत में हवाई शक्ति से दर्शाने के लिए आधिक विमानों की खरीद की आवश्यक्ता पर भी बल दिया